सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया

इसके तहत निर्वाचित पार्षदों द्वारा नगर पालिक निगम के महापौर नगर पालिक परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा नगरीय निकाय चुनाव के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की आज रायपुर मे हुई बैठक के बाद एक पत्रकारवार्ता में समिति में शामिल मंत्रियों रविन्द्र चौबे मोहम्मद अकबर और डॉक्टर शिव डहरिया ने बताया कि उप समिति ने निर्णय लिया है कि राज्य में नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराए जाएंगे इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा मंत्रियों ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव मतपत्रों के जरिये कराया जाएगा आरक्षण रोस्टर के आधार पर जो पात्र होगा वहीं महापौर बन सकता है पार्षदों की खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय में कमी को लेकर यह निर्णय जरूरी था सीमित साधन में भी लोग पार्षद बन सकते हैं जनता को उनके वास्तविक अधिकार दिलाने के लिए यह फैसला किया गया है गौरतलब है कि उन्नीस सौ चौरानवे में अविभाजित मध्यप्रदेश के समय महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा ही किया जाता था उन्नीस सौ निन्यानवे से महापौर और अध्यक्षों का चुनाव विधायक और सांसद की तरह प्रत्यक्ष तरीके से हो रहा था यानि ये सीधे जनता द्वारा चुने जा रहे थे

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचित सांसद और मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक करते है तो पार्षदों द्वारा महापौर के चुने जाने पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए उधर भारतीय जनता पार्टी ने महापौर और अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराने के सरकार के फैसले का विरोध किया है इस फैसले के विरोध में भाजपा कल रायपुर में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल अनुसईया उइके को ज्ञापन सौंपेंगी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश को लोकतांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ बताया है उन्होंने कहा है कि ईव्हीएम के बजाए मतपत्र और महापौर अध्यक्ष चुनाव पार्षदों से कराकर प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक वातावरण को खराब करने में लगी हुई है मतदाता सूची पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के साथ मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि बढ़ा दी है अब आगामी अट्ठारह नवंबर तक मतदाता सूची का सत्यापन और पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी रहेगा पूर्व में मतदाता सत्यापन के लिए पंद्रह अक्टूबर की तिथि निर्धारित थी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि बढ़ी हुई अवधि के अनुसार अब मतदाता सूची के एकीकृत प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन पच्चीस नवंबर को किया जाएगा वहीं चौबीस दिसंबर तक दावा आपत्ति किए जा सकेंगे दावा आपत्ति के निराकरण के लिए अगले साल दस जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है मतदाता सूची की अनुपूरक सूची सत्रह जनवरी तक तैयार कर ली जाएगी और बीस जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा श्री साहू ने सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है

हालांकि प्रशासन ने तीन लोगों की मौत होने की पुष्टि की है इस बीच आंत्रशोथ की खबर मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर से जानकारी ली और प्रभावित गांव में स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम भेजने के निर्देश दिए मिली जानकारी के मुताबिक कुसमी विकासखंड के ग्राम डूमरखोली में पिछले कुछ दिनों से आंत्रशोथ फैला हुआ था इस बीमारी से छह ग्रामीणों की मौत की खबरें सामने आई हैं जिनमें से तीन लोग एक ही परिवार के बताए गए हैं हालांकि प्रशासन ने आंत्रशोथ से केवल तीन लोगों की मौत होने की बात स्वीकार की है स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीणों की मौत पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर और सीएमएचओ से रिपोर्ट मंगाई है श्री सिंहदेव ने कहा है कि आंत्रशोथ से ग्रामीणों की मौत कैसे हुई इसकी जांच के लिए उन्होंने अलग से स्वास्थ्य टीम प्रभावित गांव में भेजने के निर्देश दिए हैं वायुसेना भर्ती रैली भारतीय वायुसेना द्वारा धमतरी जिले में आयोजित भर्ती रैली के पहले चरण में प्रदेश के तेरह जिलों के एक सौ बाईस युवा चयनित हुए हैं कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि तेरह और चौदह अक्टूबर को आयोजित भर्ती रैली में शामिल अट्ठारह सौ से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे इनमें लिखित परीक्षा और एप्टीट्यूट टेस्ट के बाद एक सौ बाईस अभ्यर्थी सफल हुए जिनका चयन वायुसेना के वाय श्रेणी के पदों के लिए हुआ है गौरतलब है कि पहले चरण के लिए हुई भर्ती रैली में तेरह जिलों बालोद बस्तर बीजापुर दंतेवाड़ा दुर्ग गरियाबंद कांकेर कोंडागांव महासमुंद नारायणपुर रायगढ़ राजनांदगांव और सुकमा के अम्यर्थी शामिल हुए वहीं दूसरे चरण में कल और परसों होने वाली भर्ती रैली में चौदह जिलों धमतरी रायपुर बलौदाबाजार बलरामपुर बेमेतरा बिलासपुर जांजगीर चांपा जशपुर कवर्धा कोरबा कोरिया मुंगेली सरगुजा और सूरजपुर के प्रतिभागी शामिल होंगे गृह मंत्री समीक्षा बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी शाखा को जिलों के लंबित अपराधों के निराकरण के लिए समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए हैं श्री साहू ने आज रायपुर में सीआईडी शाखा में लंबित शिकायतों और महत्वपूर्ण अपराधों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए बैठक में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने गृह मंत्री को सीआईडी की कार्यप्रणाली से अवगत कराया माओवादी मुठभेड़ सुकमा जिले में आज हई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है जिसका शव बरामद कर लिया गया है मिली जानकारी के मुताबिक पुसपाल थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान आज सुबह तुलसीडोंगरी की पहाड़ियों में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया मृत माओवादी की पहचान महुपदर एलओएस डिप्टी कमांडर कोसा के रूप में की गई है घटनास्थल से भारी मात्रा में माओवादियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही सामग्रियां बरामद की गई हैं इस क्षेत्र में पुलिस पार्टी द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है ट्रेन परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत रायपुर रेलमंडल के हथबंध स्टेशन पर आवश्यक रखरखाव के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा आगामी अट्ठारह और उन्नीस अक्टूबर को टाटा इतवारी पैंसेजर बिलासपुर तक ही चलेगी वहीं उन्नीस और बीस अक्टूबर को इतवारी टाटा पैसेंजर को बिलासपुर से टाटानगर के लिए रवाना की जाएगी यह गाड़ी बिलासपुर और इतवारी के बीच रद्द रहेगी वहीं दुर्ग भोपाल अमरकंटक ् एक्सप्रेस का चौबीस अक्टूबर तक उसलापुर स्टेशन में दो मिनट का स्टॉपेज रहेगा मतदान रैली चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव में ग्रामीण मतदान के लिए न केवल स्वयं संकल्प ले रहे हैं बल्कि विभिन्न आयोजनों के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य हासिल किया जा सके इसके तहत कल तोकापाल तहसील के करंजी राजकोट मटकोट दरभा तहसील के बड़े करमा लोहण्डीगुडा तहसील के नेगानार इरिकपाल बड़े धाराउर छापर भानपुरी और जनपद पंचायत कार्यालय लोहण्डीगुड़ा में ग्रामीणों ने रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया तथा मतदान करने की शपथ ली संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में समूचा राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में कल बुधवार को होने वाला जन चौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक योजना के तहत बस्तर संभाग के चयनित राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज रायपुर में समापन हुआ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के ओएसडी प्रकाश चंद्र कोरी को हटा दिया गया है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की कौशल परीक्षा अट्ठारह अक्टूबर को रायपुर भिलाई और बिलासपुर में ली जाएगी बीजापुर में आज भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी सीपीआई ने जेल में बंद निर्दोष ग्रामीणों की रिहाई और बेरोजगारी भत्ता देने सहित आठ सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और बेमेतरा जिले के मोहभट्टा पटवारी हल्का नंबर सैंतालीस के पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सात हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है